और राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मदद प्रदान की गई भारत मोबाइल कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता तेजी से बढ़ी है उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन वर्षों में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों रुपये मूल्य के लेनदेन का लाभ मिला सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश भर में सभी गांवों को अगले एक हजार दिनों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाएगा मोबाइल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उल्लेख करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इसने न सिर्फ वैश्विक निवेश को आकर्षित किया बल्कि नौकरी के लाखों अवसर भी उपलब्ध कराए केन्द्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है उन्होंने कहा कि टीके की खुराक को देश में हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द सुलभ कराने के लिए खाका भी तैयार कर लिया गया है श्री भूषण ने कहा कि सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने टीके को आपात स्थिति में उपयोग में लाने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है उन्होंने कहा कि भारत में छह संभावित टीकों पर नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारियां कर रही है उन्होंने कहा कि टीकाकरण सिर्फ राज्यों और केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसमें जनता की भी पूरी भागीदारी होनी चाहिए कृषि कानून के खिलाफ बुलाये भारत बंद के दौरान प्रदेश का आम जनजीवन सामान्य रहा रेल सड़क और हवाई यातायात सुचारू रूप से चले सरकारी कार्यालय दुकानों और व्यापारिक संस्थानों में भी सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज हुआ इधर बंद के दौरान अशांति की आशंका के मद्देनजर पटना विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आज की परीक्षा एहतियात के तौर पर स्थगित कर दी गयी थी कांग्रेस राजद रालोसपा जन अधिकार पार्टी और वामपंथी दलों समेत अन्य विपक्षी दलों ने राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया इन दलों के कार्यकर्ताओं ने बेगूसराय आरा दरभंगा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और जहानाबाद समेत राज्य के कई स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बाधित करने का प्रयास किया बंद के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये थे एयर इंडिया ने कहा है कि आज गड़बड़ी की आशंका के कारण हवाई अड्डे तक न पहुंच पाने वाले यात्रियों को उड़ान के लिए उपस्थित ना होने का शुल्क माफ कर दिया जाएगा और किसी भी भारतीय हवाई अड्डे से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को बुकिंग में एक बार बदलाव की अनुमति दी जाएगी

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है

इसके सिवा कुछ भी नहीं है अरे खुद शरद पवार ने एपीएमसी कानून यूपीए के कृषि मंत्री के तहत मॉडल कानून तैयार किया और सभी राज्यों को दिया सभी राज्यों में से दस राज्यों ने उसको स्वीकार भी किया तब अच्छा था एमपीएमसी का मॉडल कानून और आज अगर हम करते हैं तो बुरा है ऐसा कैसे होगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डीएमके और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर पाखंड कर रहे हैं क्योंकि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने अनुबंध पर खेती का कानून बनाया था

वो रद्द करने की मांग क्यों नहीं करते फिर अगर केन्द्र का कानून रद्द करना है तो राज्यों के भी रद्द करने पड़ेंगे तो राज्यों के कानून चल रहे हैं और केन्द्र का केवल रद्द करोगे ऐसा तो नहीं होता न और ये तो अमरिन्दर सिंह ने पेप्सीकोला के साथ कान्ट्रेक्ट फार्मिंग का उद्घाटन किया तो तब यह व्यवस्था जब कानून भी नहीं था अब तो किसान के हित में कानून भी बना है उसको संरक्षण देने वाला श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था उन्होंने कहा कि किसानों ने लागत के अलावा लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग की थी और सरकार उन्हें लागत से पचास प्रतिशत अधिक कीमत दे रही है केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में विपक्ष द्वारा कही गई बातों को भ्रामक और झूठ ठहराया हैं

साठ प्रतिशत इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपके किसान है इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा ये खरीददारी मंडियों में हुई इसका मतलब विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया कि मंडी बंद हो जाएगी वो भी झूठ विपक्षी ने भ्रम फैलाया एमएसपी का ऑप्रेशन नहीं होगा वो भी झूठ विपक्ष का झूठ और सरकार की प्राथमिकता प्रमाणित हो चुकी है

इसके पूर्व शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पांचवे दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गयी है दक्षिणी पूर्वी हवा के प्रभाव के कारण अधिकतर स्थानों पर धुंध और कोहरे की स्थिति बनी हुई है मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले चौबीस घंटों में ठंड में बढ़ोतरी होगी साथ ही गंगा के तटीय इलाकों समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में घने कोहरे छाये रहने की संभावना है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

लगभग तीन लाख तिरासी हजार सक्रिय मामलों के साथ यह प्रतिशत तीन दशमलव नौ छह हो गया है एक महीने से अधिक समय तक संक्रमण की प्रतिदिन संख्या पचास हजार से कम रह गई है इक्यावन लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं जो अब तक संक्रमित हुए लोगों का चौरानवे दशमलव पांच नौ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में उनचालीस हजार से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए लगातार ग्यारहवें दिन नए संक्रमित मामलों की संख्या ठीक होने वालों की संख्या से कम रही

इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख चालीस हजार दो सौ उनचास हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ तिरसठ नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं कटिहार में उनतीस मध्रबनी और मुजफ्फरपुर में पच्चीस पच्चीस गया रोहतास और लखीसराय में बीस बीस किशनगंज में उन्नीस मधेपुरा और नालंदा में अट्ठारह अ्ठारह तथा अररिया में सत्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं रिपोर्ट के अनुसार इस समय प्रदेश में पांच हजार एक सौ सतावन सक्रिय मामले हैं इधर प्रदेश में कोरोना से अब तक दो लाख तैंतीस हजार सात सौ इक्यानवे लोग ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत है इस वैश्विक महामारी से अब तक प्रदेश में एक हजार तीन सौ लोगों की मौत हो चुकी है आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर घनश्याम पांगती ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले चिकित्साकर्मियों अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी

उनमें ये कोरोना खतरनाक ज्यादा हो सकता है उन लोगों को ज्यादा क्रिटिकल कर सकता है उनकी जान को भी खतरा रह सकता है या उन लोगों के साथ जिनको को मोबिलिटी है जिनको हार्ट की बीमारी है जिनको फेंफड़े की बीमारी है उन लोगों को पहले मिलेगा मैं फिर भी यह कहना चाहूंगा कि उन लोगों को मिलने के बाद वो फ्री नहीं होंगे उनको मास्क और सब चीज पहनना पड़ेगा

यह गिरफ्तारी मुंगेर जिले में एके सैंतालीस राइफल मिलने के मामले में की गयी है एनआईए ने एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राजधानी पटना में बन रहे आर ब्लॉक दीघा पथ का निर्माण कार्य इकतीस दिसम्बर तक पूरा कर लिया जायेगा इसके साथ ही बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा पथ का निर्माण कार्य मार्च दो हजार इक्कीस तक पूरा करने का निर्देश दिया है बिहार राज्य सड़क विकास निगम के विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान पथ निर्माण मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को निर्देश दिये हैं ग्रामीण कार्य विभाग ने सरकारी सिस्टम में ऑनलाईन नहीं होने वाले लगभग डेढ़ हजार ठेकेदार को निलंबित कर दिया है विभागीय निर्देश में कहा गया है कि ये सभी ठेकेदार सरकारी योजनाओं में फिलहाल भाग नहीं ले सकेंगे गौरतलब है कि बिहार ठेकेदार नियमावली के तहत विभाग ने इन ठेकेदारों को सभी जानकारी ऑनलाईन देने को कहा था लेकिन कई बार तिथि बढ़ाये जाने के बावजूद विभाग से जुड़े इन ठेकेदारों ने ऑनलाईन जानकारी नहीं दी बिहार पुलिस संगठन की सिपाही भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जायेगा केन्द्रीय चयन परिषद् ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी अब निर्धारित तिथि पर आयोजित परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा और कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा

परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने आज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिये

पंचायती विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को इस सिलसिले में अंतरिम पैनल बनाने का निर्देश दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायतों में कार्यपालक सहायक के डेढ़ हजार से अधिक पद रिक्त हैं बिहार भाजपा ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और राज्य सरकार में बने विभिन्न मंत्रियों के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा भाजपा कोटे के विभिन्न मंत्रियों को सम्मानित किया गा

और राजधानी पटना समेत प्ररे प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी